लगभग पचास प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

पांच विधानसभा सीटों और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया पांच विधानसभा क्षेत्रों में लगभग पचास प्रतिशत मतदान हुआ वहीं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में पैंतालीस प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा उप चुनाव में सबसे अधिक किशनगंज में उनसठ प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सबसे कम सीवान जिले के दरौंदा में बयालीस दशमलव दो शून्य प्रतिशत वोट डाले गये बेलहर में तिरेपन दशमलव चार नौ प्रतिशत जबकि सिमरी बख्तियारपुर में साढ़े बावन प्रतिशत वोट डाले गये वहीं नाथनगर क्षेत्र में तैंतालीस दशमलव दो शून्य प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सभी सीटों पर पूर्व की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा है वर्ष दो हजार पंद्रह की तुलना में पांच विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में लगभग सात प्रतिशत कम वोटिंग हुई दो हजार पंद्रह के विधानसभा चुनाव में इन पांचों सीटों पर लगभग संतावन प्रतिशत वोट पड़े थे

मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी मतदान के बाद छह महिला सहित इक्यावन प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी विधानसभा उपचुनाव में जदयू और राजद के के चार चार भाजपा और कांग्रेस के एक एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर हैं उसमें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोक जन शक्ति पार्टी के प्रिंस राज और कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार प्रमुख है बेलहर विधानसभा सीट से जदयू के लालधारी यादव राजद के रामदेव यादव नाथनगर से जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल राजद की राबिया खातून और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अजय राय सिमरी बख्तियारपुर से जदयू के अरूण यादव राजद के जफर आलम दरौंदा से जदयू के अजय कुमार सिंह राजद के उमेश कुमार सिंह सीपीआई के भरत सिंह और भाकपा माले के जयशंकर पंडित की राजनीतिक किस्मत भी दांव पर है इसके अलावा किशनगंज से भाजपा की स्वीटी सिंह कांग्रेस की सईदा बानो एआईएमआईएम के कमरूल होदा और सीपीआई के फिरोज आलम के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला मतगणना के दिन होगा इधर बेलहर विधानसभा क्षेत्र में आनंदपुर पुलिस चौकी इलाके में मतदान कर घर लौट रही एक महिला की पुलिस गश्ती गाड़ी से कुचलकर मौत हो गयी इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कुछ देर तक हंगामा किया बाद में प्रलिस अधिकारियों के समझाने के बाद स्थिति शांत हुई बेलहर प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या चौदह चौबीस इकहत्तर और एक सौ पंद्रह पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण मतदान विलंब से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आगामी अठारह नवम्बर से शुरू होगा

संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी है डिजिटल लेनदेन और भुगतान के लिये उपयोग में लाया जा रहा भीम एप्प आज से भोजपुरी भाषा में भी उपलब्ध हो गया है केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया इस एप्प का संचालन केन्द्र सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बन रहे सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण कार्य अगले वर्ष फरवरी तक प्रा करने का निर्देश दिया है श्री चौबे ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पतालों के निर्माण एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया उन्होंने अस्पतालों का निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा गौरतलब है कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज मूजफ्फरपूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दरभंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भागलपुर पीएमसीएच पटना में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है प्रलिस स्मृति दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर शहीद प्रलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गयी यह दिवस चीनी सेना के हमले में उन्नीस सौ उनसठ में लद्दाख में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और अपना दायित्व निभाते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये साउंड बाईट देश को मुक्त करा कर शांति की दिशा में आगे ले जाना कई प्रकार की गैर कानूनी प्रवृत्तियों को रोक लगाना पूर्वोत्तर के अंदर शांति प्रस्तावित करना नक्सल प्रमावित क्षेत्रों के अंदर विकास को पहुंचाने के लिए अपनी कटिबढ़ता व्यक्त कर कर प्राणों के बलिदान देना जम्मू कस्गीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जम्मू कस्तीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना अब तक चौतीस हजार आठ रती चवातीस पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य निभाते डूए अपनी राहादत दी है वहीं राज्य में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना के बीएमपी मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जहां राज्य के पूलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की बक्सर और शिवहर में भी पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद किया गया राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश भागों में कम दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण आकाश में बादल छाये रहे पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गयी बांका जिले में सबसे अधिक लगभग अठारह मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्रमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर और पूर्णियां समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबादी हो सकती है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सचिवालय परिसर स्थित श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने भी श्रीबाब् को याद किया इधर शेखपुरा के बरबीघा स्थित उनके पैतृक गांव माउर में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये वहीं पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया जबकि मिलर स्कूल मैदान में कांग्रेस की ओर से श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनायी गयी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा पटना के मसौढ़ी में कल से पांच दिवसीय गांधी चित्र प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा संवाददाताओं से बातचीत में ब्यूरो के पटना कार्यालय के निदेशक विजय कुमार और पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि उद्घाटन से पहले स्वच्छता पदयात्रा और श्रमदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में रानीकुंआ स्थित जरही नदी पुल के पास पुलिस जीप और कंटेनर की टक्कर में थानाध्यक्ष सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये दो पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बतायी जाती है जमुई पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है दोनों की कई नक्सल वारदात के सिलसिले में पुलिस को तलाश थी पश्चिम चंपारण जिले में एक व्यवसायी के अपहरण की योजना बना रहे तेरह अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अपराधियों के पास से चार पिस्तौल पांच मैगजीन और पच्चीस कारतूस बरामद किये गये हैं

लगभग पचास प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया